राज्य सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक निर्णय के अनुसार मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के विभिन्न महानगरों में मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिये उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन गठित करने का निर्णय लिया है यह निगम नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिये गठित निगम से अलग होगा एक अन्य निर्णय के अनुसार वाहन स्वामियों को नम्बर पोटबिलिटी अर्थात वाहनों का नम्बर बदलने की सुविधा दी जायेगी

इस सिलसिले में इक्कीस मार्च दो हजार सोलह को जारी अधिसूचना को निरस्त करते हुए पुराने मोटरयान के मालिक द्वारा उसी वर्ग के मोटरयान को खरीदने की दशा में देय फीस का भुगतान करने पर कुछ शर्तो के साथ पुराना पंजीयन नम्बर ही नय वाहन हेतु आवंटित किया जायेगा इस निर्णय को लागू करने के लिये दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों के लिये अलग अलग न्यूनतम आधार मूल्य निर्धारित किया जायेगा आज लिये गये एक अन्य निर्णय के अनुसार मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत यातायात नियमों के उल्लंघन के फलस्वरूप घटित दण्डनीय यातायात अपराधों के शमन के उद्देश्य से निर्धारित धनराशि में वृद्धि करने का फैसला लिया गया आज लखनऊ में जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया कि इससे प्रदेश में वाहन दुर्घटनाओं में हो रही वृद्धि को कम करने में मदद मिलेगी विज्ञप्ति में कहा गया कि वाहन दुर्घटनाओं में वृद्धि होने से अपार जनधन की क्षति हो रही है मंत्रिपरिषद ने अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के संबंध में शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत मार्च दो हजार उन्नीस में प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही की समय सीमा इकतीस मई से बढ़ाकर तीस जून तक करने का फैसला लिया बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा के उपचुनाव अकेले ही लड़ेगी पार्टी प्रमुख मायावती ने नई दिल्ली में बताया कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है और अगर भविष्य में उन्हें लगा कि अखिलेश यादव से गठजोड़ राजनीतिक दृष्टि से सफल हो सकता है तो दोनों पार्टियां फिर मिल सकती हैं

मायावती ने कल पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा था कि वे वोट जीतने के लिए गठबंधन पर निर्भर न रहे बल्कि पार्टी संगठन मजबूत करने के लिए काम करें

अखिलेश ने यह बात बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की विधानसभा उपचुनाव अकेले लड़ने की घोषणा के बाद कही है केन्द्रीय कौशल विकास मंत्री और उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष महेन्द्रनाथ पांडेय ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन अवसरवादी राजनीति का हिस्सा था बहुजन समाज पार्टी के राज्य विधानसभा उपचुनाव अकेले लड़ने के फैसले पर प्रतिक्रिया में महेन्द्र नाथ पांडेय ने बताया कि दोनों पार्टियों का अलग होना शुरू से ही तय लग रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हरीश चन्द्र श्रीवास्तव ने कहा है कि सपा बसपा और रालोद का गठबंधन जाति पाति की राजनीति पर आधारित जनता को गुमराह करने वाला था जिसे जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है

अन्तर विरोधी गठबंधन जो है वह सरवाईव करने वाला नहीं है और इस गठबंधन की क्वालिटी यही होने वाली थी

सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती की स्वायत्तता बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बनाये रखना चाहिए हमारी भूमिका स्पष्ट रहेगी कि प्रसार भारती की ऑटोनॉमी एक महत्वपूर्ण है वो कानून से आई है और इसलिये ये भी कानून एंमर्जे सी के बाद बना है इसलिये बना कि उस पर कोई आंच न आये और हम भी यही चाहते हैं कि प्रसार भारती अच्छी तरीके से अपना काम करे नई नई योजनाओं को लाएं लोगों की बदलती हुई आदतों को समेट ले

उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल में दूरदर्शन को विश्वसनीयता बढ़ी है इस अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी अपने समाचारों की प्रामाणिकता के कारण अन्य चनलों से बहुत आगे है प्रसार भारती अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पटि भी समारोह में मौजूद थे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

कल कोई ने कोई सैप्लिंग लगाए और सेल्फी विद सैप्लिंग हैश टैग करके भेजे तो ये बहुत जनता का सहयोग रहेगा क्योंकि मोदी सरकार की प्राथमिकता है पर्यावरण और जनभागीदारी और ये जनभागीदारी इससे होगी और एक बात है कि इस साल वायु प्रदुषण पर यूएन का ज्यादा जोर है वही थीम है तो उसके लिए हमने क्लीन एयर मिशन तैयार किया है और उसके भी कार्यक्रम आने वाले दिनों में होंगे कस्तूरीरंगन समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे में संशोधन करते हुए त्रिभाषा फॉर्मूला में कुछ बदलाव किये हैं समिति ने कल सरकार को बताया कि जनता की राय लेने के लिए जो मसौदा पेश किया गया था उसमें कुछ गलतियां रह गई थीं

सरकार ने स्पष्ट किया है कि समिति के मसौदे में केवल सिफारिशें की गई हैं और इसमें संशोधन करते हुए विद्यार्थियों को स्कूलों में तीन भाषा फॉर्मूला के अंतर्गत कोई भी भाषा चुनने का विकल्प दिया गया है संशोधित मसौदे में उपलब्ध भाषाओं का चयन करने का निर्णय राज्य बोर्डों पर छोड़ दिया गया है मंत्रालय में सचिव आर सुब्रह्मण्यम ने फिर से कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा सरकार की नीति नहीं है बल्कि समिति की सिफारिशें हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा है कि जन सामान्य और राज्य सरकारों से परामर्श के बाद ही त्रिभाषा फार्मूले पर अंतिम निर्णय लिया जायेगा समाप्त